ये बोनस दशहरा से पहले एक ही किश्त में दिया जाएगा

उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नई शिक्षा नीति के बिन्दुओं का बारीकी से अध्ययन कर उसे लागू करने और उसी के अनुरूप प्रदेश में भविष्य की शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने का आहवान किया है

चुरू जिले में आज एक भी नया मामला सामने नहीं आया जबकि बांसवाडा और बूंदी जिलों में मात्र एक एक नए रोगी मिले हैं

सीकर में नगर परिषद की ओर से साइकिल रैली निकाली गई

इसी कड़ी में आज तीरंदाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी ऋचा कटारा ने देशवासियों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है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

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं

अभियान के लिए जिला स्तरीय प्रबंधन समिति तथा जांच दलों का भी गठन किया गया है जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया गया है जयपुर और जोधपुर में पुलिस आयुक्त इन समितियों के अध्यक्ष होंगे ये समितियां मिलावट खोरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग करेगी ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया है अभियान के दौरा दूध से बने उत्पादों आटा बेसन और अन्य खाद्य पदार्थों सुखे मेवे और मसालों के साथ बाट तथा तोलने के यंत्रों की भी जांच की जाएगी

भाजपा और कांग्रेस के चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है

कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है तथा भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हैं

उन्होंने कहा कि विभाग में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा सचिव शुचि शर्मा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के काम सुविधाजनक और त्वरित गति से होंगे

इसका विषय राजस्थान और असम साहित्य की सांझी विरासत रखा गया है

इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है गृहमंत्री ने कहा है कि सरकार सुरक्षाबलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए यह बात कही

राजधानी जयपुर में पुलिस महानिर्देशक एमएल लाठर ने शहीदों की याद में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर स्वैच्छिक रेक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन शिविर भी आयोजित हुआ साथ ही पौधारोपण भी किया गया

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं